केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम का किया शुभारम्भ राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज से हो रहा है शुरू सात फरवरी को पेश किया जायेगा सत्र दो हजार उन्नीस बीस का बजट मौनी अमावास्या के अवसर पर कल क्म में लगभग साढ़े पांच करोड़ श्रद्वाल़ों ने संगम में लगाई आस्था की ड्बकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कुंभ के आयोजन से पर्यटन के क्षेत्र में ज़बरदस्त बढोत्तरी हो रही है और कुंभ खत्म होने तक राज्य पूरे देश में पर्यटन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच सकता है आज से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र से पहले संसदीय पत्रकारिता संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सकारात्मक मीडिया रिपोर्टिंग के जरिये कुंम और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का सफल आयोजन प्रदेश सरकार ने किया है उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह सकारात्मक आलोचना को आगे बढ़ायें क्योंकि उनकी सकारात्मक लेखनी लोकतंत्र को नई दिशा दे सकती है आपका रचनात्मक सहयोग आपकी सकारात्मक लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ संदेश दे सकती है और मुझे विश्वास है कि जो आपकी बड़ी भूमिका है वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है और मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आपकी सकारात्मक लेखनी संसदीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दे सकती है इसे आमजन के विश्वास का प्रतीक बना सकती है जन जन की आकांकाओं का प्रतीक बना सकती है

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारत में जनतंत्र की बेहद प्राचीन परम्परा रही है और यहां तक आध्यात्मिक जनतंत्र का इतिहास भी इस भारत भूमि पर मिलता है उन्होंने पत्रकारों से सदन की अच्छी बातों को भी प्रमुखता दिये जाने का आह्वान किया संगोष्ठी में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना सूचना राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी नेता अपना दल नीलरल पटेल बसपा नेता लालजी वर्मा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे इक़बाल महमूद और वरिष्ठ पत्रकार तथा पूर्व राज्यसभा सदस्य राजनाथ सिंह सूर्य सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया

इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा आंतरिक लोकतंत्र और विचार धारा की बुनियाद पर चलने वाला राजनैतिक दल है उन्होंने कहा कि इस अमियान के ज़रिये देश के करोड़ों लोगों के मन में किस तरह के भारत की संकल्पना है उसको समाहित करते हुए अगले पांच वर्ष की योजना बनाई जायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है

लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेता कल निर्वाचन आयोग गये इनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न राजनीतिक दलोंके प्रमुख नेता शामिल थे बाद में श्री आजाद ने बताया कि विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक योटिंग मशीनों के पचास प्रतिशत नतीजों का मतदाता पुष्टि पर्ची से मिलान किया जाए

मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के एक सौ पचासवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर अस्पताल में एमआइआई भवन आईसीय जीरियाट्रिक वार्ड और सोलह सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया राज्य विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सात फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जायेगा प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से विशेष बातचीत में बताया कि बजट में किसानों के हितों को प्राथमिकता के केन्द्र में रखे जाने के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के कल्याण का ध्यान रखा जायेगा

किसान जब तक जो है वह धन धान्य और सुख नहीं प्राप्त करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो पायेगा तो स्वाभाविक आता है कि किसान भी होगा तो उसमें युवा भी होगा तो उसमें महिलाएं भी होंगी तो उसके अन्दर यहां के उद्यमी भी होंगे उद्यम भी होगा

भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर तीन लाख रूपये तक के कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया दस्तावेजीकरण जांच और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार देश में इक्कीस करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं केन्द्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरूआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिये की जाएगी वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर चुका है मौनी अमावस्या के अवसर पर कृम के दूसरे शाही स्नान में कल संगम पर लगभग साढ़े पांच करोड़ श्रद्वालुओं ने आस्था की ड्बकी लगाई हमारे संवाददाता ने बताया कि शाही स्नान के लिये सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं तथा कई हजार र्हेक्टेयर क्षेत्र में फैला कुम मेला मिनी इंडिया की तरह नजर आ रहा है प्रयागराज कुंच में श्रद्दालुओं का गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम तट और आसपास के क्षेत्रों में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने का क्रम बड़े सबेरे ही शुरू हो गया था कुंच में महानिर्माणी और अटल अखाड़ों के साध् और संतों ने भोर पहर में सबसे पहले संगम पर बने घाटों पर पवित्र ड्वकी लगाई

प्रयागराज कुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण साबित हो रहा है यहां कलाग्राम संस्कृति ग्राम पंडाल भारत की एकता की गवाही देते नजर आ रहे है इन अखाड़ों के संतों और साध्यों का नृत्य और प्रदर्शन और भय्यत लपेटे नागायों की तलवारबाजी और त्रिशुल यद्ध लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने हैं श्रक्षालुओं के सुरक्षित स्नान के लिये यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं

मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार क्षे मेला शहर प्रयागराग वाराणसी में भी मौनी अमावस्या पर कल श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में दर्शन पूजन किया मिर्जापुर जिले में स्थित विन्याचलधाम में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्वालुओं द्वारा माँ विन्यवासिनी देवी के दर्शन प्जन किया गया चित्रकूट में श्रद्धालू मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किएं भरत कूप पर भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी थी अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान दान का सिलसिला कल ब्रम्हमुहूर्त से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा